इन शहरों में गोरखपुर को भी शामिल किया गया है मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के नगर निगम परिसर में तेइस करोड़ पैंतालिस लाख की लागत से बनने वाले निगम सदन के कार्य का भूमि पूजन करने के बाद एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे इस अक्सर पर मुख्यमंत्री ने एक सौ सत्ताईस करोड़ अट्ठारह लाख की एक सौ अस्सी परियोजनाओं का शिलान्यास और पचपन करोड़ सैंतालिस लाख रूपये की तिरपन योजनाओं का लोकार्पण भी किया मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को नव निर्मित भवनों की चाभी भी साँपी अपने सम्बोधन में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास को एक नई दृष्टि दी है प्रत्येक नागरिक को विकास की इस प्रक्रिया से जोड़ना होगा सर्दियों के मौसम का जिक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये लखनऊ में नई व्यवस्था बनायी गयी है जिसके तहत अब किसी भी असहाय और बेसहारा व्यक्ति को फ्टपाथ पर सोने नही दिया जाएगा उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी असहाय और बेसहारा लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए और उनके लिये कम्बल और गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाए श्री योगी ने जन प्रतिनिधियों से अपील करते हुये कहा कि वह रात में सड़कों पर निकलें और जरूरतमंदों को कम्बल और स्वेटर उपलब्ध करायें आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इस अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने मीडिया के दुरूपयोग पर चिंता प्रकट की उन्होंने कहा कि आजकल व्यापारिक समूह और राजनीतिक दल भी अपने समाचार पत्र और चैनल शुरू कर रहे हैं इनके माध्यम से वह अपने निहित स्वार्थों को और पत्रकारिता के सिद्वातों के साथ समझौता कर रहे हैं श्री नायडू ने कहा कि समाचारों को सनसनी खेज बनाना समाचारों का पक्षपात पूर्ण कवरेज और पेड न्यूज आज मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है गैर संचारी वीमारियों के खतरों की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारों को इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारियां हमारी पीढ़ी को खत्म कर रही हैं उन्होंने कहा कि खराब जीवन शैली और खान पान की गलत आदतें ऐसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे क्शलतापूर्वक निपटने की जरूरत है उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और सरकार प्रेस की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही है उन्होंने कहा कि मीडिया को आलोचना का अधिकार है लेकिन इसे फेक न्यूज और झूठी तथा भ्रामक खबरें देने से बचना चाहिए ये इन्टर्प्रिटेशन में बड़ा गड़बड़ होता है न्यूज अलग है व्यूज अलग है न्यूज होने का अधिकार है लेकिन दूसरा व्यू भी होना का आजादी है लोगों को न्यूज मिलने का अधिकार है मुझे लगता है कि फ्रीडम हेज ट् बी रिस्पान्सिबल फ्रीडम और वो रिस्पान्सिबल फ्रीडम हमें जरूरत है और आज फेक न्यूज का संकट है मैं आज चाहूंगा कि आज प्रेस डे के अवसर पर प्रेस वाले भी मंथन करे क्योंकि आपका टीआरपी भी बिगड़ रहा है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उन्नीस सौ पचहत्तर में आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने मीडिया की आजादी पर अंक्श लगा दिया था श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया को जवाबदेह बनाए जाने की जरूरत है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक में श्री बिरला सदन का सुवारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह करेंगे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की कल बैठक बुलाई है सरकार ने भी कल सर्वदलीय बैठक आयोजित की है संसद का शीतकालीन सत्र तेरह दिसम्बर को समाप्त होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्त वर्ष के लिये धान खरीद के निर्धारित पचास लाख मीट्रिक टन लक्ष्य को समय से पूरा करने के साथ किसानों के खाते में तीन दिनों के अन्दर धनराशि भेजने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने धान खरीद की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिये समी आवश्यक कदम उठा रही है उन्होंने निर्देश दिये कि किसानों से धान क्रय के बाद धान का मूल्य उनके खाते में बहत्तर घंटे के अन्दर ऑन लाइन भेज दिया जाये कृषि मंत्रालय इस महीने की अट्ठारह से इक्कीस तारीख तक नई दिल्ली में कृषि सांख्यिकी पर आठवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए भारतीय क्रषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे और मुख्य अतिथि श्री विल गेट्स होंगे